इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य के लिए टीके के तीनलाख डोज का आवंटन कर दिया है राज्य में टीकाकरण के लिए दो हजार दो सौ उनतीस केंद्र तैयार किये गये हैं तीन लाख डोज दिए जाने में करीब एक सप्ताह का समय लगता है इस दौरान राज्य को टीके और डोज मिल जाएंगे इधर टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने तैयारी शुरू कर दी है उन्होंने सभी जिले के उपायुक्तों को जरूरी निर्देश भी दिया है उनसे कहा गया है कि मुखिया और पंचायत सचिवों को भी इस अभियान में शामिल करें ताकि ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण का काम सुचारू ढंग से चल सके खासकर ग्रामीण इलाकों में दूसरा डोज लेने के लिए जागरूकता फैलाने को भी कहा है राज्य में कोरोना संक्रमितों की सख्या बढ़कर दो लाख इक्यावन हजार से अधिक हो गयी है उनसठ हजार सात सौ से अधिक एक्टिव केस हैं अबतक सत्तर लाख पैंसठ हजार से अधिक नमूनों की जांच की गयी है राज्य में सबसे ज्यादा संक्रमित रांची जिले में हैं यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या बहत्तर हजार से अधिक है पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या छत्तीस हजार से अधिक है वहीं बोकारो और हजारीबाग जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बारह हजार सात सौ से अधिक है जबकि धनबाद जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बारह हजार दो सौ से अधिक है रामगढ़ जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर दस हजार से अधिक हो गयी है जबकि कोडरमा में नौ हजार से अधिक कोरोना संक्रमितों की पृष्टि हई है राज्य के हेल्थ केयर वर्कर फ्रंट लाईन वर्कर और पैंतालीस वर्ष से अधिक आय के छब्बीस लाख से अधिक लोगों को कोरोना टीका का प्रथम डोज दिया जा चुका है वहीं पांच लाख उन्नीस हजार से अधिक लोगों को टीके के दोनों डोज दिए गए हैं गोड्डा जिले में कोरोना संक्रमितों के इलाज में जिला प्रशासन द्वारा प्ररी सतर्कता बरती जा रही है कल एक सौ दो मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे जबकि एक्यानबे नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई

मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि विभाग संक्रमण से अलग हटकर योजनाओं को तैयार करने और उसके कियान्यवन को लेकर कार्य योजना बनाए कोविड से प्रभावित लोगों को राहत देने के साथ व्यवस्था को गति देना भी आवश्यक है मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि कोरोना सिर्फ महामारी नहीं है बल्कि यह लोगों को भावनात्मक और आर्थिक चोट भी दे रहा है ऐसी परिस्थिति में प्रभावित लोगों को कैसे उबारा जाए इसपर सरकार का विशेष जोर है उन्होंने विभागीय प्रधानों से ग्रामीण इलाकों में कोरोना से संक्रमितों की प्रोफाइल तैयार करने को कहा राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि कल छह मई की सुबह छह बजे तक ही है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि बढाने के लिए आज आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में वर्तमान रिथति को लेकर चर्चा की जायेगी राज्य में लगातार कोरोना संकमण के मामले बढते जा रहे हैं

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने रांची जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए संजीवनी वाहन का कल शुभारंभ किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले चरण में रांची जिले को अस्पतालों को ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संजीवनी वाहन की शुरुआत की है कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण की गति जिस तेजी के साथ बढ़ रही है उस लिहाज से अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बेडों की मांग भी बढ़ रही है ऐसे में संक्रमितों को ऑक्सीजन की कमी नहीं हो इस दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है इसके बाद धनबाद और जमशेदपुर में इसे शुरू किया जाएगा

एसोसिएशन के महानिदेशक लेफ्टीनेंट जनरल डॉ एस पी कोचर ने कहा है कि इससे स्थानीय अनुसंधान और विकास में तेजी आएगी

इसमें उपकरणों की खरीद और स्थापना के लिए दो महीने की अवधि शामिल है

रेलवे ने रांची से हावड़ा के लिए खुलनेवाली शताब्दी एक्सप्रेस के परिचालन को सातमई से अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया है इसका मुख्य कारण यात्रियों की संख्या में लगातार कमी को बताया गया है

ऐसे में रेलवे को घाटा हो रहा है रांची रेल डिवीजन ने रांची धनबाद इंटरसिटी और रांची देवघर इंटरसिटी को भी रद्द करने का प्रस्ताव भेजा है हालांकि रांची से हावड़ा के लिए हटिया हावड़ा कियायोग एक्सप्रेस और रांची हावड़ा इंटरसिटी का परिचालन जारी रहेगा पलामू जिलें में भष्ट्राचार निरोधक ब्यूरो एसीबी टीम ने छतरपुर प्रखंड के रोजगार सेवक मोहम्मद रहमान को दस हजार रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया अभियुक्त अब्दुल रहमान पर रोजगार गारंटी अधिनियम के फॉर्म पर हस्ताक्षर के लिए रिश्वत मांगने का आरोप लगया गया है एसीबी के डीएसपी करुणा नंदराम ने बताया कि रोजगार सेवक को गिरफ्तार करने के साथ ही मेदिनीनगर इकाई द्वारा इस वर्ष का छठ ट्रैप केस को पूरा कर लिया गया है क्रिकेट खिलाडियों के बीच कोरोना के संक्रमण को देखते हुए आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता को स्थगित करने का फैसला किया गया है यह फैसला आईपीएल की कार्यकारी परिषद और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की आपात बैठक में सर्वसम्मति से किया गया एक वक्तव्य में आईपीएल ने कहा है कि यह फैसला खिलाडियों समेत सभी पक्षों के हित को ध्यान में रखते हुए किया गया है

धनबाद जिले में रेलवे अस्पताल की मर्चरी के पास ऑक्सीजन प्लांट लगेगा

देशभर के कई अस्पतालों में अगलगी की घटना को देखते हुए रेलवे ने अस्पताल में अग्निशमन यंत्र और फायर बॉल की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है

राज्य से प्रकाशित होने वाले अखबारों ने कोरोना के बढ़ते मामले को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर ने पांच हजार नौ सौ से अधिक नए कोरोना संक्रमितो से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है टीकाकरण से संबंधित खबर को शीर्षक दिया है राज्य में पंद्रह तक शुरू होगा अठारह से ऊपर वालों का टीकाकरण प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री के हवाले से आयी खबर को शीर्षक दिया है गांव में रोके संक्रमण का फैलाव दे चिकित्सा लाभ हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक से संबंधित खबर को शीर्षक दिया है चिकित्सा सहायता योजना का लाभ कोरोना में भी दैनिक जागरण ने आईपीएल से संबंधित खबर को शीर्षक दिया है आईपीएल अनिश्चितकाल के लिए टला विश्वकप जाएगा द्वबई अखबार ने राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि बढ़ाने की संभावना से संबंधित खबर को भी पहले पन्ने पर जगह दी है शीर्षक दिया है झारखंड में भी पंद्रह तक सख्ती बढ़ाने पर विचार अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले और एक सौ बत्तीस लोगों की कोरोना से मौत की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है अखबार ने कई क्रिकेटरों के कोरोना से संक्रमित होने और आईपीएल के स्थागित होने को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है